राजनाथ दौरा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे सुरक्षाबल और वैज्ञानिक आतंक की किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है फिर भी उन्हें रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए और प्रशिक्षण की जरूरत है उन्होंने यह बात आज ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास स्थापना में आयोजित बैठक में कही रक्षामंत्री ने कहा कि यह संस्थान कई रक्षा उपकरणों की गुणवत्ता नियंत्रण का काम कर रहा है इस संस्थान ने जहरीले तत्वों की पहचान उनसे बचाव और उनका प्रभाव खत्म करने से संबंधित प्रौद्योगिकी विकसित की है रक्षामंत्री ने यहां अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ ही चर्चा की संस्थान के अध्यक्ष सतीश रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे रक्षामंत्री श्री सिंह ने केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के घर पहुंचकर उनकी मां के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त की

इसके लिए आयकर कानून में बदलाव करने एक अध्यादेश लाया जायेगा गोवा में जीएसटी परिषद की बैठक से पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की

नई टैक्स दरें एक अप्रैल से प्रभावी मानी जायेंगी उन्होंने बताया कि यह दरे दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे कम होंगी

बचत से कंपनियां अधिक निवेश कर सकेंगी ज्यादा निवेश के चलते बाजार को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी

उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा जारी की गई सहायक प्राध्यपक भर्ती परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों की सूची पर लगी रोक हठा दी है उच्च न्यायालय के इस फैसले से परीक्षा में चयनित करीब ढ़ाई हजार उम्मीदवारों को सरकारी कॉलेजों में नियुक्ति मिल सकेगी न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं अनारक्षित वर्ग के पदों पर चयनित हुई है उन पदों को छोड़कर शासन बाकी पदो पर नियुक्ति देने के लिए स्वत्रंत हैं न्यायालय के इस फैसले के बाद पीएससी चयनित सहायक प्राध्यपक संघ के अध्यक्ष डॉ प्रकाश खातरकर ने मांग की है कि सरकार को अब जल्द ही चयनित लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए

घायलों को अमरपाटन अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस के अनुसार बस अमरपाटन के हिनौता से आ रही थी शुरूआती जांच में पता चला है कि बस काफी तेज रफ्तार से चल रही थी और इसमें क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थीं जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव संदीप पौण्डरिक के नेतृत्व में इस दल ने अधिकारियों से मुलाकात के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुये नुकसान की जानकारी हासिल की

हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि केन्द्रीय दल ने आज यहां पहुंचकर आसपास के गांव का दौरा कर अतिवृष्टि और बाढ़ से हुये नुकसान का जायजा लिया इस दल ने राजगढ़ और मंदसौर जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलकात की और राहत कार्यों के लिए किये गये इंतजामों का जायजा भी लिया उधर मुरैना और भिंड में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है इन जिलों में बचावदलों ने पांच हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है भाजपा प्रदर्शन अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजे की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में धरना और प्रदर्शन किये इस दौरान पार्टी नेताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने रेहली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है संकट की इस घड़ी में सरकार प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में विफल रही है पार्टी की मांग है कि सर्वे का काम शीघ्र शुरू कर प्रभावितों को मुआवजा दिया जाये हस्त शिल्प मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्यों की सरकारें सहयोग करेगी इसके लिए रायपुर में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये मध्यप्रदेश के हथकरघा आयुक्त राजीव शर्मा और छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प विकास निगम के प्रबंध संचालक हेमंत पहारे ने इस पर हस्ताक्षर किये करार के अनुसार अब दोनों राज्यों के हस्तशिल्पियों और बुनकरों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री में शासन सहयोग करेगा इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा करार के मुताबिक मध्यप्रदेश अब रायपुर में मृगनयनी एम्पोरियम शुरू करेगा और छत्तीसगढ़ के मशहूर कोकून हार की मध्यप्रदेश के मृगनयनी एम्पोरियम में बिक्री की जायेगी

चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ ने आज इस अस्पताल और आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया डॉ साधौ ने बताया कि इस चिकित्सालय में उच्च स्तरीय स्वास्थ सुविधायें मिलने से अब यहां के लोगों को पड़ोसी राज्यों और दिल्ली इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा

इस सिलसिले में भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुये